उमरिया में भी दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को मिल रहा है काम

इडलाइन लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रदेश के ग्रीन जोन वाले इलाकों में कई तरह की छूट के बाद अब राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है गृह एंव स्वास्थ्य मंत्री डॉ नरोतम मिश्रा ने बताया है कि अब एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन वाले इलाकों में जाने के लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं रहेगी यानी प्रदेश में अब ग्रीन टू ग्रीन जोन पास फ्री रहेगा श्री मिश्रा के म्ताबिक अब ग्रीन टू ग्रीन जोन में अपने ख्द के वाहन से यात्रा की जा सकेगी यही नहीं ग्रीन टू ग्रीन जोन जाने के दौरान बीच में यदि रेड जोन भी आता है तो भी हाईवे में पास की आवश्यकता नहीं रहेगी गृहमंत्री के म्ताबिक यदि रेड जोन से ग्रीन जोन में या ग्रीन जोन से रेड जोन में आवागमन करना है तो उसके लिये प्रशासन द्वारा जारी किये जाने वाले ई पास की आवश्यकता फिलहाल रहेगी और यहां बगैर पास के आवागमन पहले की ही तरह प्रतिबंधित रहेगा

प्रदेश के कटनी एवं नरसिंहप्र जिलों में अभी कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है वहीं आगर मालवा अलीराजप्र अनूपप्र छिंदवाड़ा सिवनी मंडला और हरदा जिले संक्रमण म्क्त हो गए हैं

सिवनी से कल अच्छी खबर आई जहां पहले मरीज के स्वस्थ होने के बाद उसे छ्ट्टी दे दी गई

कटनी में कल प्राप्त तीनों सैंपल निगेटिव मिले हैं

नीमच में भी कल राहत भरा दिन रहा जहां कोई नया मामला सामने नहीं आया सीआईएससीई बोर्ड परीक्षाएं काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस सीआईएससीई ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण स्थगित की गयीं दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं एक से चौदह ज्लाई तक आयोजित की जायेंगी सीआईएससीई के मुख्य कार्यकारी और सचिव गेरी अराथून ने कहा कि बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा दो से बारह ज्लाई तक और दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षाएं एक से चौदह ज्लाई तक आयोजित की जायेंगी सीआईएससीई ने स्कूलों से कहा है कि वे सामाजिक दूरी के नियम का पालन स्निश्चित करें उसने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे हैंड सेनिटाजर लायें और चेहरे पर मास्क पहनें

टेलीविजन चैनल से साक्षात्कार में डॉक्टर सिंह ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सभी आशंकाओं और अटकलों के बावजुद यह विश्वास है कि आज से छह महीने बाद द्वनिया भारत की तरफ सम्मान से देखेगी और हम से ज्ड़ना चाहेगी उन्होंने कहा कि भारत बिज़नेस और व्यापार के लिए स्रक्षित स्थल से रूप में भी उभरेगा

मनरेगा के अंतर्गत इतनी अधिक संख्या में ग्रामीण जाबकार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है

बाहर से आये मजदूरों के जाबकार्ड बनाकर उन्हें भी मनरेगा में काम दिया जा रहा है

म्ख्य नगर पालिका अधिकारी कपिल खरे ने बताया है कि जिले का यह दूसरा मामला है जिसमें इस तरह की कार्यवाही की गयी है

उन्होंने विभाग के प्रम्ख सचिव अजीत केशरी को निर्देश दिये कि बचाव के लिये सभी आवश्यक प्रबंध करते हए विभाग को अलर्ट पर रखें प्रम्ख सचिव ने समीक्षा में बताया कि विभाग के द्वारा ट्रैक्टर चलित स्प्रे पंप और फायर ब्रिगेड के माध्यम से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जिलों में आवश्यकतान्सार कराया जा रहा है टिड्डी दल के नियंत्रण के लिये जिला स्तरीय निगरानी दल गठित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं

किसान और कृषि अधिकारी तत्काल नंबर पर सुचना देकर आवश्यक मार्गदर्शन और सलाह प्राप्त कर सकते हैं ईद उल फित्र दाऊदी बोहरा समाज आज ईद उल फित्र का त्यौहार मना रहा है उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों ने घरों पर ही अल सुबह ईद की नमाज अदा की रतलाम खंडवा इंदौर भोपाल में भी बोहरा समाज दवारा लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हए सादगी के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है वहीं सऊदी अरब ने घोषणा की है कि आज रमजान के महीने का आखिरी दिन है और ईद उल फित्र रविवार को होगी हालांकि रॉयल कोर्ट ऑफ किंगडम ने कहा है कि रमजान के बाद पड़ने वाले शावल माह का नया चांद नहीं देखा गया है लिहाजा रमजान के तीस रोजे पूरे होने के बाद कल ईद मनाई जाएगी भारत में बाकी म्स्लिम सम्दाय चांद दिखने के बाद सोमवार को ईद मनाएगा

जिसके बाद ग्स्साए किसानों ने फोरलेन पर चक्का जाम कर दिया हालांकि प्रशासन की समझाइश के बाद प्रदर्शन खत्म हआ

उमरिया में भी दुसरे राज्यों से लौटे मजदुरों को मिल रहा है काम